और प्रदेश में मौसम ने करवट बदली शिमला सहित कई स्थानों पर वर्षा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ा अब समाचार विस्तार से डीजीपी प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने कहा है कि पुलिस के जागरूकता अभियानों से प्रदेश में सड़क हादसों में कमी आई है ये कमी जागरूकता के साथ साथ इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट पर ध्यान केंद्रित करने से भी आई है मरड़ी आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे

पुरस्कार कृषि क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि कर्मण्य पुरस्कार से नवाजा गया है प्रदेश को ये पुरस्कार कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में मिला है ये पुरस्कार आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा को कर्नाटक के तुमक्रू में कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कृषि कर्मण्य प्रस्कार के मौके पर दिया इस पुरस्कार में एक प्रशस्तिपत्र और पुरस्कार की राशि शामिल है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने खाद्यान्न उत्पादन में इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है

उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया इस मौके पर मनुरंगशाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को इसकी समृद्व परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है उन्होंने ये भी कहा कि मनाली शरद उत्सव में विश्व भर से लाखों लोग हिसा लेते हैं और इस उत्सव का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मनाली को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित करने के लिए प्रयासरत है

ये महिला मंडल और संस्थाएं स्वच्छता नशे के दुष्प्रभावों गौ सरंक्षण महिला सशक्तिकरण कन्या भ्रण हत्या और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक कर रही हैं

शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला से स्किल ऑन वहील ड्राईव का शुभारंभ किया भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश के स्कूलों में विभिन्न विषयों के साथ साथ कौशल विकास कार्यों के तहत रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान की जा रही है उन्होंने कहा कि यदि इसे नियमित तौर पर पढ़ाने की आवश्यकता होगी तो इसे लागू किया जाएगा शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्किल ऑन वहील जागरूकता ड्राईव राज्य के विभिन्न जिलों के स्कूलों में जाकर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाकर इसे अपनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेगी कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज बीडीओ कार्यालय बंगाणा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया कंवर ने इस मौके पर कहा कि अगले डेढ वर्ष में बीडीओ कार्यालय भवन को तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा

उन्होंने भवन निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए

बिंदल आज नाहन में पार्किंग स्थल के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि नाहन शहर के लिए गिरी पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसका शीघ्र लोकार्पण कर लिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि नाहन शहर में शीघ्र ही पार्किंग समस्या को भी प्ररी तरह हल कर दिया जाएगा कौल सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज में धर्मपुर के लोगों को सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग में नौकरी पर रखा जा रहा है कौल सिंह ठाकर ने आज मण्डी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सराज के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि सराज के लोगों के साथ न्याय हो सके

उन्होंने सरकार पर राष्ट्रीय राजमार्गो के नाम पर झूठ बोलने और इन्वैस्टर्स मीट के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा परीक्षा से जुड़ा तनाव दूर करने के लिए देश विदेश के विभिन्न वर्गो के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से संबंधित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस साल बीस जनवरी को होगा

पूरे देश में पोंगल मकर संक्रांति लोहड़ी और ओणम पर्व को देखते हुए कार्यक्रम की तारीख बदली गयी है मौसम मौसम ने प्रदेश में करवट बदल ली है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज दोपहर बाद जहां हल्की वर्षा हुई वहीं चंबा जिला की उंची चोटियों पर हिमपात का समाचार है मौसम में आए इस ताजा बदलाव से प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप फिर से बढ़ गया है

कल्पा में न्यूनतम तापमान माईनस तीन दशमलव आठ कुफरी में माईनस दो दशमलव छः मनाली में माईनस एक दशमलव चार और शिमला में एक दशमलव सात डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इन बैठकों के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है सात जनवरी को दोपहर बाद दो से साढ़े चार बजे तक सोलन सिरमौर और शिमला जिला के विधायकों के साथ बैठकें होंगी जबकि सांय पांच से आठ बजे तक मण्डी और किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठकें आयोजित की जाएगी